वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा लोकसभा चुनाव में भाजपा की होगी ऐतिहासिक जीत गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले से जुड़े सूरज हत्याकांड प्रकरण के आरोपी पूर्व डीएसपी मनोज जोशी को हाईकोर्ट से मिली जमानत थाईलैंड में एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सुंदरनगर के आशीष चौधरी फाइनल में पहुंचे नामांकन लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के चौथे दिन आज प्रदेश में नौ उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सुरेश कश्यप ने शिमला में अपना नामांकन दाखिल किया मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के आश्रय शर्मा ने मंडी जबकि हमीरपुर से उम्मीदवार रामलाल ठाकुर ने हमीरपुर में नामांकन दाखिल किया कांगड़ा सीट से बच्चन सिंह राणा और चंद्रभान ने निर्दलीय उम्मीदवार जबकि निशा कटोच ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने मंडी धर्मेद्र पटियाल ने हमीरपुर संसदीय सीट से बतौर कवरिंग उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया इसके अलावा हमीरपुर सीट से ही बहुजन समाज पार्टी के देशराज ने भी अपना पर्चा भरा

मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि लोकसभा चुनावों में देश भर में पार्टी को भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है शिमला से पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप के नामांकन भरने के बाद आज शहर के चौड़ा मैदान में एक जनसभा में जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि चुनावों में देश भर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है और इसी बौखलाहट में वे अनाप शनाप व्यानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है जबकि कई दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस देश का विकास करने में विफल रही है

रैली दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा के नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी ने मंडी में परिवर्तन रैली का आयोजन किया इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज सभी को पुराने मतभेद भुलाकर एकजुटता से काम करने की जरूरत है

वहीं हमीरपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद रामलाल ठाकुर ने कहा कि पार्टी बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है पार्टी ने इस अवसर पर रैली का भी आयोजन किया जिसे वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया

उन्होंने छोटा शिमला और कसुम्पटी में लोगों से पार्टी की नीतियों और विचार धारा को देखते हुए समर्थन मांगा कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया नोटिस चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और विवादित ब्यानबाजी के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती को एक और नोटिस जारी किया है

कुलदीप राठौर इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की सलाह दी है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जिस तरह की ब्यानबाजी इन दिनों कर रहे हैं उसका प्रदेश की राजनीति और संस्कृति में कोई स्थान नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग से भी लोकसभा चुनाव की समाप्ति तक सतपाल सत्ती के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है शिकायतें राज्य चुनाव आयोग को आज आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी दस शिकायतें प्राप्त हुई मुख्य निर्वाचन कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार इनमें से आठ शिकायतें आम जनता जबकि दो राजनीतिक पार्टियों से थी

स्वीप प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश प्रजापति ने बताया कि लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई जाएगी इस बीच ऊना में आज स्कूली बच्चों को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी गई बच्चों ने नारा लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी मतदान का महत्व समझाया शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हलोग धामी और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए चुनाव लाहौल लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाहौल स्पीति जिले में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है जिला पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने केलंग में बताया कि दारचा पुलिस चैक पोस्ट को खोल दिया गया है और सरचू चैक पोस्ट बाराचाला दर्रा खुलने के बाद स्थापित की जाएगी

उन्होंने चुनाव अधिकारियों से निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपनी ड्यूटी का बेहतर ढंग से निष्पादन करने के निर्देश दिए उधर किन्नौर जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने मतदाताओं से बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया जमानत कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले से जुड़े सूरज हत्याकांड मामले के आरोपी पूर्व डीएसपी मनोज जोशी को प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने आज मामले की सुनवाई के दौरान जमानत के आदेश पारित किए

उच्च न्यायालय का यह आदेश इस मामले में एक अन्य आरोपी पूर्व पुलिस अधीक्षक डी डब्ल्यू नेगी को अदालत से जमानत मिलने के बाद आया है इसी प्रकरण में पूर्व आईजी एच जह्र जैदी को भी सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है

उन्होंने आज सेमीफाइनल मुकाबले में इरान के खिलाड़ी को तीन दो से पराजित किया आशीष चौधरी हिमाचल के ऐसे पहले खिलाड़ी है जो एशियन चैम्पियनशिप में पहली बार भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं